बिहार के पन्द्रह जिलों में योजनाओं की होगी जांच

और डेंगू मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी जारी

नक्सल समस्या से निपटने को लेकर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की ग्यारहवीं विशेष बैठक आज पटना में आयोजित की गयी है इसमें बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल और ओड़िशा के मुख्य सचिव शामिल होंगे इसकी अध्यक्षता बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार करेंगे बिहार की ओर से शराबबंदी को सफलतापूर्वक लागू करने में पड़ोसी राज्यों से सहयोग मुख्य मुद्दा होगा वहीं आधारभूत संरचनाओं के निर्माण से जुड़े मामले और झारखंड के साथ पेंशन और वेतन से जुड़े विवाद पर भी चर्चा होने की सम्भावना है केन्द्र सरकार सांसद निधि से होने वाले विकास कार्यों का जमीनी सत्यापन करवायेगी इसके लिए निजी एजेंसियों की सेवा ली जायेगी केन्द्रीय सांख्यिकी मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्य सरकारों को सूचना दे दी है हरेक राज्य में कुछ जिलों को नोडल जिले के रूप में चुना गया है जहां जांच करवाई जायेगी बिहार के पन्द्रह जिलों में सांसद विकास निधि के तहत कार्यान्वित योजनाओं की जांच होगी शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से सरकारी विद्यालयों में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों की सेवा समाप्ति को लेकर अब तक की गयी कार्रवाई का ब्यौरा मांगा है प्राथमिक शिक्षा निदेशक रंजीत कुमार सिंह ने एक सप्ताह के अन्दर संबंधित रिपोर्ट मुख्यालय को सौंपने का निर्देश दिया है गौरतलब है कि शिक्षा के अधिकार कानून के तहत इकतीस मार्च दो हजार उन्नीस के बाद किसी भी अप्रशिक्षित शिक्षकों को सेवा में नहीं रखा जा सकता है केन्द्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि नियोजित शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक प्रस्कार नहीं दिया जा सकता है नवादा जिले के एक शिक्षक के पत्र के जवाब में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय शिक्षक प्रस्कार के दिशा निर्देशों में नियोजित शिक्षकों को प्रस्कार प्रदान करने का प्रावधान नहीं है पटना में पिछले दिनों हुई भारी बारिश के बाद भीषण जल जमाव के कारणों की जांच के लिए गठित टीम आज स्थल निरीक्षण करेगी विकास आयुक्त अरूण कुमार सिंह की अध्यक्षता में टीम राजेन्द्र नगर का दौरा करेगी टीम के सदस्य स्थानीय लोगों का भी पक्ष जानेंगे यह टीम इस बात की जांच करेगी कि जल जमाव किन परिस्थितियों में हुआ बारिश से पूर्व नाले की सफाई हुई या नहीं और जल निकासी के पम्पों की मरम्मत रख रखाव और चालू रखने के लिए समय पर कार्रवाई हुई या नहीं पटना स्थित बिहार संग्रहालय में टिकट फर्जीवाड़े में करोड़ों रूपये की हुई हेराफेरी की जांच के लिए कला संस्कृति विभाग के अपर सचिव दीपक आनंद की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय जांच टीम का गठन किया गया है तीन सदस्यों वाली यह टीम पन्द्रह दिनों के अन्दर जांच पूरी करेगी भागलपुर के अमरपुर थाना क्षेत्र के जेठौरनाथ बालू घाट पर बालू माफिया ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पर लाठी डंडे से हमला कर दिया

जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा भी फायरिंग की गयी इस घटना में एक अपराधी की गोली लगने से मौत हो गयी पटना के डाकबंगला चौराहा स्थित एक शॉपिंग कॉम्पलेक्स में आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने छापेमारी कर मोबाईल फोन का आईएमईआई नम्बर बदलने वाले पांच दुकानदारों को गिरफ्तार किया है पटना में मेंहदीगंज थाना क्षेत्र से पचास लाख रूपये मूल्य के टीवी सेट की हुई लूट के मामले में पुलिस ने बेतिया से दो लूटेरों को गिरफ्तार किया है मौके से एक सौ उनतालीस टीवी सेट भी बरामद कर लिये गये हैं मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड मामले में फरार चल रही अफसाना खातून के खिलाफ कुर्की जब्ती की कार्रवाई के लिए पुलिस ने अदालत में आवेदन दिया है पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड मामले में मुजफ्फरपुर स्थित विशेष अदालत में मद्य निषेध विभाग के डीएसपी सुबोध कुमार ने गिरफ्तार तीन आरोपियों रोहित सोनू और विजय की पहचान की है लखीसराय जिले के चानन थाना क्षेत्र में अगस्त महीने में हये दोहरे हत्याकांड में शामिल एक नक्सली को पटना एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है पटना जिले के बख्तियारपूर थाना क्षेत्र अन्तर्गत काला दियारा के पास से पूलिस ने बीस लाख रूपये मूल्य की शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है प्रदेश में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है पिछले चौबीस घंटों के दौरान पटना के सरकारी अस्पतालों में एक सौ सतहत्तर मरीजों में डेंगू की प्रष्टि हुई है चिकुनगुनिया के भी नौ नये मरीज मिले हैं पीएमसीएच में एक सौ इक्कीस एनएमसीएच में पच्चीस और आर एम आर आई में इकतीस मरीजों में डेंगू पॉजिटीव पाया गया है निजी अस्पतालों में भी कई मरीजों में डेंग् की प्रष्टि हुई है पटना के अलावा गया भोजपुर नालंदा रोहतास सीतामढ़ी और बक्सर में भी डेंगू के कई नये मामले सामने आये हैं पटना हाई कोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग से प्रछा है कि तिरसठवीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में केन्द्रीय कानून के अन्तर्गत बहुदिव्यांग को सरकारी नौकरी में मिलने वाला एक प्रतिशत आरक्षण का लाभ क्यों नहीं दिया गया न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की एकल पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुये आयोग से जवाब तलब किया है अक्षर आंचल योजना के तहत प्रदेश के सत्ताईस हजार से अधिक साक्षरता केन्द्रों का सामाजिक अंकेक्षण कराया जायेगा इसका उद्देश्य यह जानना है कि सालाना दो सौ पचास करोड़ रूपये से अधिक खर्च करने के बाद उनकी कार्यों की गुणवत्ता कैसी है ये केन्द्र महिला साक्षरता में सुधार के लिए संचालित किये जा रहे हैं प्रदेश के हरेक जिले में पश्धन मेला का आयोजन किया जायेगा पश् और मत्स्य संसाधन मंत्री प्रेम कुमार ने यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि मेले में पशुओं की उचित देखभाल उनमें होने वाली बीमारियों की रोकथाम और उन्नत किस्म के पश्ञओं की जानकारियां पश्ञपालकों को दी जायेंगी दीपावली और छठ पूजा को देखते हुये भागलपूर से गुजरात के गांधीधाम के लिए पच्चीस अक्तूबर से दो दिसम्बर के बीच पूजा स्पेशल साप्ताहिक ट्रेन का परिचालन होगा इस वर्ष मोतिहारी में राज्य यूवा उत्सव का आयोजन होगा दिसम्बर के पहले सप्ताह में आयोजित होने वाले इस समारोह में राज्यभर के दो हजार युवा जुटेंगे पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में चल रही सत्तरवीं राष्ट्रीय जूनियर बास्केटबॉल चैंपियनशिप के बालक और बालिका वर्ग में उत्तर प्रदेश की टीम ने सेमीफाइनल के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया है वहीं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और तमिलनाड़ की टीम ने बालिका वर्ग और पंजाब तथा राजस्थान ने बालक वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बनायी है बेगूसराय के गांधी स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय विद्यालय बालक वॉलीबॉल प्रतियोगिता के अंडर फोर्टीन और सेवेंटीन वर्ग में बक्सर एकलव्य तथा अंडर नाईनटीन में बेगूसराय की टीम विजेता बनी है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी प्रमुख सूर्खी बनाया है हिन्दुस्तान लिखता है नगर विकास और आवास विभाग ने पटना को पचास साल के लिए जल जमाव से मुक्त करने की तैयारी शुरू की दैनिक जागरण की सुर्खी है दिल्ली विधानसभा चुनाव में ताल ठोकने की तैयारी में जदयू दैनिक भास्कर ने अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखा है जो खून हमने जान बचाने में दिया था उसका पीएमसीएच एनएमसीएच में हो रहा सौदा एक यूनिट की कीमत पांच हजार रूपये प्रभात खबर ने उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के बयान को प्रमुखता देते हुये लिखा है समाज में भेदभाव समाप्त होने तक आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता दैनिक आज ने डिग्री कॉलेजों में नामांकित छात्रों से अधिक छात्रों के परीक्षा में बैठने से जुड़ी खबर को प्रमुखता देते हुये लिखा है सम्बद्ध डिग्री कॉलेजों में नामांकन घोटाला राष्ट्रीय सहारा लिखता है टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को किया क्लीन बोल्ड

बिहार के पन्द्रह जिलों में योजनाओं की होगी जांच

और डेंगू मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी जारी